जिला ब्लॉक और ग्राम ांचायत स्तर ांर भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं समारोह में मुख्यमंत्री कई कन्या शाला रिसर हाईस्कूल हायर सेकण्डरी स्कूल और छात्रावास भवनों का ऑनलाइन लोकार् ण भी करेंगे

इनमें नौ महिलाएं और एक ऑटो चालक की मौके र ही मौत हो गई है जबकि तीन अन्य की अस् ताल में इलाज के दौरान मौत हो गई ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए रसोई बनाने का काम करती थी राज्य सरकार ने इस मामले में ग्वालियर के आरटीओ ए ीएस चौहान को निलंबित कर दिया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत करते हुए जनता से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का शालन करने की अशील की गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी भोशल के न्यू मार्केट में मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया टीकमगढ़ सतना न्ना म्रैना जबल र में भी लोगों ने सायरन बजते ही मास्क लगाने का संकल लिया इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है

इसी के साथ एक हफ्ते तक दोनों समय सायरन बजेगा और लोगों को मास्क हनने के लिए जागरुक किया जाएगा

वहींसंक्रमण की रोकथाम के लिए अशोकनगर में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा

ब्लेटिन के अंत में एक अधीलहमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी